प्रदेश में उन्नीस अक्टूबर से दो पालियों में ख्लेंगे कक्षा नौ से बारह तक के विद्यालय

इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई स्वामित्व योजना का उदेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को मकान के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है यह योजना चार वर्ष की अवधि में समूचे देश में चरणबद्द रूप से लागू की जायेगी इसके अंतर्गत लगभग छह लाख बासठ हजार गांवों में संपत्ति कार्ड जारी किये जायेगे इस योजना में लगभग एक लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर एस एम एस लिंक के माध्यम से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें व्यक्तिगत रूप से संपत्ति कार्ड का वितरण करेगी छह राज्यों के सात सौ तिरसठ गांवों में संपत्ति कार्ड जारी करने का काम कल से शुरू हो जायेगा संपत्ति कार्ड होने पर ग्रामवासियों के लिए ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने का रास्ता खुलेगा देश में पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों संपत्ति धारकों के लिए बड़े पैमाने पर संपत्ति कार्ड जारी करने का काम शुरू किया गया है इस अवसर पर प्रधानमंत्री कुछ लाभार्थियों से भी बात करेंगे

उन्होंने कहा कि संक्रमण की चेन तोड़ने में मेडिकल टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने गोरखपुर वाराणसी आजमगढ़ प्रयागराज और मेरठ में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि इन जिलों की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये उन्होंने लखनऊ में रिकवरी दर बढ़ाने के लिए कारगर रणनीति तैयार करने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि दस अक्टूबर से स्वच्छता तथा सेनेटाइजेशन का विशेष अभियान शुरू हुआ है जो आगामी सोलह अक्टूबर तक चलेगा उन्होंने नवम्बर माह में यातायात सुरक्षा के संबंध में विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश भी दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को विपक्ष की विभाजनकारी नीतियों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि विपक्षी दल समाज को बांटने के लिए ओछी राजनीति कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने कल देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के मद्देनजर पार्टी पदाधिकारियों को वर्चुअल बैठक के माध्यम से सम्बोधित किया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में चौतरफा विकास हो रहा है इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का गौरव विश्व में बढ़ा है वहीं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है केन्द्र ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के बारे में राज्यों को नया परामर्श जारी किया है और कहा है कि पुलिस द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न कर पाना देश की न्याय प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है गृह मंत्रालय के परामर्श में कहा गया है कि किसी भी संज्ञेय अपराध में दण्ड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुए किसी अपराध के सिलसिले में जीरो एफआईआर दायर करने का भी अधिकार है महिलाओं से यौन दुष्कर्म सहित किसी भी संज्ञेय अपराध के होने की सूचना मिलने पर पूलिस के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना आवश्यक है प्रदेश में महिलाओं एवं बाल अपराधों के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और पुलिस महानिदेशक हितेश चन्द्र अवस्थी के समक्ष कल लखनऊ स्थित लोकभवन में इस विशेष अभियान की रूपरेखा का प्रस्तुतीकरण अपर पुलिस महानिदेशक नीरा रावत द्वारा किया गया अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि महिला सशक्तिकरण एवं सम्मान के लिए प्रदेशभर में आगामी सत्रह अक्टूबर से पच्चीस अक्टूबर तक जनजागरूकता अभियान चलाया जायेगा

पिछले छत्तीस घंटों में चार हजार तिरसठ रोगी महामारी से स्वस्थ हुए हैं प्रदेश में अब तक तीन लाख सत्तासी हजार एक सौ उन्चास रोगी स्वस्थ हुए हैं

उन्होंने बताया कि अनुपातिक रूप से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी रही है

एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण मार्च से बंद चल रहे विद्यालय उन्नीस अक्टूबर से दो पालियों में फिर से खूलेंगे पहले चरण में सिर्फ कक्षा से नौ से बारह तक के विद्यार्थियों की ही कक्षाएं चलेंगी कक्षाएं दो पालियों में चलेंगी पहली पाली में कक्षा नौ और कक्षा दस के विद्यार्थी बुलाये जायेंगे और दूसरी पाली में कक्षा ग्यारह और कक्षा बारह की कक्षाएं चलेंगी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों को विद्यालय बूलाने के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा किसी भी विद्यार्थी को विद्यालय आने के लिए वाध्य नहीं किया जायेगा और उसे ऑनलाइन कक्षा का विकल्प भी दिया जायेगा दो पालियो के छुट्टी के समय में अंतराल रखा जायेगा और अलग अलग गेट से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के तहत प्रतिदिन विद्यालय कैम्पस का दो बार सेनिटाइजेशन किया जायेगा शिक्षकों कर्मचारियों और विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की पच्चीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है भारतीय रिजर्व बैंक ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि ऋण चुकाने में छः महीने से अधिक की मोहलत देने से ऋण अनुशासन का समग्र माहौल खराब होगा जिससे अर्थव्यवस्था के लिए ऋण जुटाने की प्रक्रिया पर बुरा असर पडेगा उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे में रिजर्व बैंक ने कहा है कि ऋणों की अदायगी में लम्बी मोहलत देने से कर्जे लेने वालों के ऋणों की अदायगी संबंधी व्यवहार पर असर पडेगा और कर्ज की अदायगी में चूक की आशंका भी बढ सकती है

अपने हलफनामे में रिजर्व बैंक र्न कहा है कि ब्याज पर फिर से लगाया जाने वाला ब्याज माफ करने से भी भारी आर्थिक बोझ उठाना पड सकता है जो बैंकों की क्षमता से बाहर है उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तेरह अक्टूबर की तारीख तय की है